केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की प्रगति व उन्नति में आयकर दाताओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा विश्व बैंक की मदद से शिक्षा क्षेत्र में स्थापित होंगे नए आयाम

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है इस बीच मुख्यमंत्री ने सोलन और सिरमौर जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और जुरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का प्रोटोकॉल पुनः निर्धारित किया गया है बाहरी राज्यों से प्रदेश में आ रहे श्रमिकों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया गया है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की प्रगति और उन्नति में आयकरदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि भारत को सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आयकरदाताओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है अनुराग ठाकुर ने कहा कि समय से कर का भुगतान करना सभी का नैतिक कर्तव्य है जिसकी मदद से सरकार सड़क रेल फ़लाई ओवर सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार हर जुरूरी कदम उठा रही है

इसके तहत हर घर को नल से शुद्ध जल की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जा रही है जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों को सरकार की घोषणाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें समझौता इस बीच जल जीवन मिशन को तय समय में पूरा करने के लिए जल शक्ति विभाग ने आज शिमला में एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ज़िलों को चरणबद्व तरीके से कवर किया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के स्टिंगरी में आज पौधरोपण किया उन्होंने गाहर घाटी के विभिन्न गांवों का भी दौरा किया और जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया मारकंडा ने बताया कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोहतांग सुरंग का लोकार्पण करेंगे और इस सुरंग के बन जाने के बाद घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा

परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला में बताया कि शुरूआत में ये सुविधा फिलहाल शिमला और कांगड़ा जिलों में शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि ऑनलाईन ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा बस किराए में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि ये वृद्धि निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में नहीं बल्कि परिवहन निगम की वित्तीय हालत सुधारने के लिए की गई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक व हैरीटेज सर्किट विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने बंगाणा में बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित होने वाले इन सर्किट को वीकेंड टूरिज़्म के लिए प्रचारित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ने कांगड़ा ज़िले में जयसिंहपुर के कंगेहण में काउ सेंक्चूरी के लिए प्रस्तावित साइट का भी निरीक्षण किया हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिले में चुराह क्षेत्र के चकलू में उठाऊ पेयजल योजना के संवर्द्वन कार्य की आज आधारशिला रखी

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सरकार प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा देने और शैक्षणिक संस्थानों की अधोसंरचना सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है वे आज विश्व बैंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भविष्य में भी विश्व बैंक की मदद से शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे भारद्वाज ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश आज देश में शिक्षा हब के रूप में उभर रहा है

उपायुक्त आरकेपरूथी ने लोगों से इस दौरान प्रशासन का सहयोग करने और एहतियात बरतने की अपील की है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रही है उन्होंने कहा कि संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है

इधर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बस किराए में की गई वृद्वि को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है उन्होंने सरकार से जनहित में इस फैसले को तुरंत वापिस लेने का आग्रह किया है वहीं सोलन में पत्रकार वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाक्र ने कहा कि सरकार के कुछ गलत फैसलों से प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकेगा इसके अलावा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार विजय दिवस समारोह सादगी से मनाया जाएगा और जगह जगह शहीदों को श्रद्वांजलि दी जाएगी निरीक्षण किन्नौर ज़िले में सांगला के खरोगला नाले में पिछले दिनों बाढ़ से बागवानों को हुए नुकसान का उपायुक्त गोपाल चंद ने जायज़ा लिया उन्होंने स्थानीय तहसीलदार को प्रभावितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए